छह घायल

आम लोगों से राय लेने के बाद होगा अंतिम फैसला

पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली के बंगरा स्थित एक मध्याहन भोजन निर्माण केंद्र में आज तड़के बॉयलर फटने से चार लोगों की मरने की आशंका जतायी जा रही है वहीं छह लोग गंभीर रूप से घायल हुये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि एक गैर सरकारी सगंठन द्वारा संचालित इस केंद्रीयकृत रसोई घर में बारह लोग काम करते हैं खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि केंद्र की दीवार और छत ढह गई और शव ब्री तरह क्षत विक्षत हो गये मलबे पचास मीटर द्र तक फैल गये गंभीर रूप से घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने अधिकतम तीन प्रतिशत तक बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है अब इस प्रस्ताव पर आयोग आम लोगों से राय और कंपनी के आय व्यय का हिसाब करने के बाद अपना फैसला सुनायेगा नई दरें अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू होंगे चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की गयी थी रफाल लड़ाकू विमान खरीद मामले में कांग्रेस के रवैये के खिलाफ प्रदेश भाजपा आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को लेकर फैलाये गये झूठ का पर्दाफाश किया जायेगा श्री हुसैन ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आकाशवाणी के नये रंग भवन सभागार का उद्घाटन किया श्री जावड़ेकरने प्रसार भारती संग्रहालय से संकलित गुरबानी और शबद कीर्तन का डिजीटल संस्करणभी जारी किया उन्होंने देश के सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम के रूप में आकाशवाणी की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी जी हैं जिन्होंने आकाशवाणी के विश्वसनीयता को समझकर जनता तक पहुंचने का औरश्मन की बातश करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग करने का निर्णय लिया ये उनकी दूरदृष्टीऔर नेतृत्व का कमाल है एक अदभूत पहुंच जिसकी है वो आकाशवाणी है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल प्रसार भारतीके अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और सदस्य राजीव सिंह भी उपस्थित रहे गुरूनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के विदेश प्रसारण प्रभाग ने शबद कीर्तन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के कामगारों को हर महीने एक ही दिन वेतन देने की नई व्यवस्था शुरू करेगी केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही विधेयक पेश होगा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने पर भी विचार कर रही है जिससे कामगारों का आजीविका स्तर बेहतर हो सकेगा पटना और आरा को जोड़ने वाली कोईलवर पुल पर बीस नवंबर से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में हुयी बैठक में कोईलवर पुल पर आरा की ओर से बड़े वाहनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया गया वहीं छोटे वाहनों के परिचालन पर दोनों तरफ से कोई रोक नहीं रहेगी जिलाधिकारी ने बताया कि बिहटा से कोईलवर की ओर जाने वाली ट्रकों को शाहपुर पुल से अरवल होकर भेजा जायेगा वहीं जेपी सेतु पर बीस नवबंर से रात के दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही ट्रकों को उत्तर बिहार जाने के लिये परिचालन की अनुमति होगी प्रदेश के सभी शहरी निकायों में नालों पर से अतिक्रमण हटाने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में सभी एक सौ बयालीस निकायों को अपने क्षेत्र की अतिक्रमित नालों की सूची तैयार करने को कहा है विभागीय मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि अंचल अधिकारियों को नाले की जमीन नापी कर अतिक्रमण करने वाले सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है यह दिन प्रतिवर्ष सोलह नवम्बर को मनाया जाता है प्रेस दिवस स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस का प्रतीक है इसी दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरु किया था यह परिषद निगरानी संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखें और किसी धमकी या प्रभाव के आगे नहीं झुके इस अवसर पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़् उत्कृष्ट कार्य के लिए पत्रकारों को पुरस्कृत करेंगे बिहार राज्य महिला आयोग का वेबसाईट महिला आयोग बिहार डॉट इन लाँच हो गया है आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि वेबसाईट के माध्यम से लोगों को आयोग के अधिनियिम और अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सकेगी साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की भी व्यवस्था वेबसाईट पर उपलब्ध है वेबसाईट पर पीड़िता साक्ष्य के रूप में फोटो वीडियो और वॉयस रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर सकती हैं ऑनलाइन शिकायत करने के बाद आयोग की ओर से एक पावती दी जायेगी जिसे निर्धारित तिथि पर लेकर आना होगा प्रदेश की सभी पंचायतों में रबी मौसम को लेकर बीस नवंबर से पांच दिसंबर के बीच किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि चौपाल में किसानों को विभागीय योजना और कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी साथ ही किसानों की समस्याओं की जानकारी ली जायेगी और उसके निराकरण के सुझाव भी उन्हीं से लिये जायेंगे प्रदेश में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी हो गयी है इस चरण में एक हजार पांच सौ चौरानवे पैक्स का चुनाव होना है मतदान तेरह दिसंबर को होगा अब तक प्रदेश के चार हजार पांच सौ छियालीस पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने लगातार सातवीं जीत दर्ज की है ओडिशा के कटक में खेले गये मैच में बिहार ने सिक्किम को पराजित किया पटना के दानापुर में आज से राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है राज्य कृश्ती संघ के सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरूष फ्री स्टाईल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती का आयोजन होगा भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनैनी काशीडीह मोड़ के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से हथियार के बल पर चार लाख रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान लिखता है महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का फार्मूला तैयार सीएम शिवसेना का दैनिक जागरण की सुर्खी है ट्रेनों में खानपान हुआ महंगा बीस रूपये में मिलेगी चाय प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है एनएच एक सौ छह और एक सौ सात का काम दो हजार बीस तक पूरा करें राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के अंतिम संस्कार और प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृति से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

छह घायल

आम लोगों से राय लेने के बाद होगा अंतिम फैसला